श्री नायडू ने कहा कि पहले सिख गुरु की सीख को जीवन में आत्मसात् किया जाए तो शांति तथा सतत विकास की नयी दुनिया बन सकती है पंजाबी में अपना संबोधन शुरू करते हुए श्री नायडू ने कहा कि विशेष सत्र में हिस्सा लेते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है आज मैंनू भारत दे महान संत गुरू नानक देव जी दे पंच सौ पंजावें प्रकाश पर्व दी याद मनावन विच बुलाये गये पंजाब विधानसभा दे विशेष समागम विच शामल होके बड़ी खुशी हो रही है

उन्होंने कहा कि सिख पंथ के संस्थापक का दृष्टिकोण समय काल से परे है और पांच शताब्दी पहले उसकी जितनी अहमियत थी आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सुर्यप्रकाश ने कहा है कि मीडिया को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने पर ध्यान देना चाहिए आज कोलकाता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को शौचालय पीने के साफ पानी परिवहन गैस कनेक्शन जैसी आम लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विज्ञान और तकनीक की अहम भूमिका है वैज्ञानिकों और मीडिया कर्मियों के बीच दूरी को कम करने की आवश्यकता है नये भारत के निर्माण में हमारी आकांक्षा के संदर्भ में यह और भी आवश्यक है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सम्मेलन में अलग अलग परिप्रेक्ष्य से भारत ही नहीं न बल्कि अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आए हैं डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक किस तरह पहुंच रही हैं इसका अध्ययन भी मीडिया को गहराई से करना चाहिए उन्होंने लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसल अवशेष जलाये जाने पर प्रदेश के एक सौ छियासठ किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एक सौ पचासी किसानों पर चार लाख पचहत्तर हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है एक सरकारी बयान में कल उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर ढाई हजार रूपये से लेकर पंद्रह हजार रूपये तक का जुर्मना लगाया जाएगा और पुनः ऐसा करने पर एफ आईआर भी दर्ज करायी जाएगी प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रति लापरवाही बरतने पर एक लेखपाल को निलभ्वित भी किया गया है कृषि मंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव स्तर पर एक निगरानी प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है जहां सभी जनपदों से इस सम्बन्ध में प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त की रही है उधर मुजफ्फरनगर में प्रदूषण रोधी उपकरणों का इस्तेमाल न करने पर दो फैक्ट्रियों पर कुल सवा लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कल शाम अलग अलग जगहों पर कूड़ा जलाने के मामले में आठ लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया वहीं जौनपुर जिला प्रशासन ने भी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर किसानों को फसलों के अवशेष खेतों में न जलाने को कहा है

लाखों श्रद्वालुओं ने सरयू में स्नान करने के बाद कल सुबह नये घाट से चौदह कोसी परिक्रमा शुरू की थी जिसका आज सुबह सकुशल समापन हो गया अपर जिलाधिकारी नगर एवं मेलाधिकारी वैभव शर्मा ने बताया कि इस बार करीब पन्द्रह लाख श्रद्वालु परिक्रमा में शामिल हुए चौदह कोसी परिक्रमा के बाद अब पंचकोसी परिक्रमा कल सुबह नौ बजकर पैंतालिस मिनट पर शुरू होगी जो शुक्रवार को ग्यारह बजकर छप्पन मिनट तक चलेगी जो श्रद्वालु चौदह कोसी की परिक्रमा कर चुके हैं वे पंचकोसी परिक्रमा भी करेंगे उधर पुलिस अधीक्षक नगर विजय पाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले और पंचकोसी परिक्रमा में श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गये हैं अयोध्या में प्रवेश के चारों मार्गो पर लगे बैरियर पर भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में पुलिस होमगार्ड के साथ साथ पीएसी और आरएएफ पुलिस बल की कई कम्पनियां भी तैनात की गयी हैं अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर कनक भवन मंदिर नागेश्वरनाथ मंदिर में विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं